डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक स्रक्षित द्री बनाए रखें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर फैसला विशेषज्ञों की राय से किया है और हर मुददे का समाधान करने की कोशिश की गई है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भी यह सुविधा दी गई है

विदयार्थियों के लाभ के लिए पीएम ई विद्या दीक्षा प्लेटफॉर्म परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तर्क पूर्ण बनाने के लिए ई टेक्स्टब्रक्स और मनोदर्पण जैसी कई पहल की गई हैं

कुपोषण मक्त उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि एक वर्ष पहले अति क्पोषित बच्चों को गोद लेने का जो अभियान श्रू किया गया था इसके अच्छे परिणाम रहे हैं म्ख्यमंत्री ने आज सीएम आवास पर कृपोषण मुक्त उत्तराखण्ड के लिए शुरू किये गये गोद अभियान में कृपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्पोषण म्क्त भारत का जो अभियान चलाया है इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को गोद लेकर उनको कुपोषण मुक्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है कुपोषण म्क्त भारत बनाने के लिए सबको प्रयास करने होंगे इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव सौजन्या ने कहा कि क्पोषण मुक्त उत्तराखण्ड के लिए शुरू किये गये गोद अभियान को आगे भी जारी रखा जायेगा मंत्रिमंडल बैठक राज्य मंत्रिमंडल की आज देहराद्न में म्ख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हई

विधानसभा सत्र को लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया गया अगले सप्ताह से मॉनसून सत्र के कारण मंत्रिमंडल में लिये गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है प्रधानमंत्री जन्मदिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर राजभवन परिसर में पौधरोपण किया और प्रधानमंत्री के दीर्घाय् जीवन की कामना की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है उन्होंने कहा कि दनिया में आज भारत की जो छवि और पहचान बनी है उसका प्रा श्रेय प्रधानमंत्री के करिश्माई व्यक्तित्व को जाता है उनके नेतृत्व में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हई हैं इनमें कई योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल और ऑलवेदर रोड पहाड़ के लिए लाइफ लाइन साबित होगी मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया

पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने देहरादुन में पौधारोपण किया उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल के पदचिन्हों पर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्तव्य सेवा और विकास की त्रिवेणी बने हए हैं उनके कामों के कारण देश को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल हई है राज्य के सभी जिलों में सेवा सप्ताह के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही रक्तदान प्लाज्मा डोनेट और अस्पतालों में फल वितरण किया चंपावत जिले में सेवा सप्ताह तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज अस्पतालों में फल वितरित किये कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय सहित लोहाघाट टनकप्र समेत विभिन्न जगह स्वच्छता अभियान चलाया साथ ही लोगों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी पोषण मिशन प्रदेश को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से सितम्बर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है प्रदेश में अति कृपोषित बच्चे जो कृपोषण से मुक्त होकर सामान्य स्थिति में आये हैं ऐसे बच्चों और अभिभावकों को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हए कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कृपोषण से मुक्त हए बच्चों और उनके अभिभावको को सम्मानित किया गया

जिले के अतिक्पोषित बच्चे सामान्य स्थिति में आये हैं आज उनके अभिभावको को सम्मानित किया गया इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास राजेन्द्र प्रसाद बिष्ट ने कहा कि राज्य सरकार कृपोषण से शिकार बच्चों और उनके माताओ को कृपोषण से मुक्त कराने के लिए बाल विकास विभाग दवारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं पित अमावस्या श्रादध पक्ष की अमावस्या यानी पित् अमावस्या पर आज हरिदवार स्थित हर की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर श्रदधालुओं ने स्नान किया

श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के लिए पिंड दान और श्राद्ध किया कोरोना महामारी के मद्देनजर प्लिस प्रशासन ने गंगा घाटों पर आपस में दूरी बनाकर स्नान करने की इजाजत दी थी पित् अमावस्या पर गंगा में स्नान करने और पिंडदान करने का काफी महत्व है इससे पितरों के मोक्ष की प्राप्ति होती है आज प्रशासन के निर्देशानुसार नारायणी शिला के कपाट बंद रखे गए थे हर साल यहां बड़ा मेला लगता था विश्वकर्मा जयंती मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से अभियांत्रिकी निर्माण और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा नवनिर्माण और सूजन के देवता हैं उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती का यह पर्व देश प्रदेश के निर्माण और विकास में योगदान देने वाले उद्यमियों शिल्पियों और कर्मकारों को सम्मानित करने का भी अवसर है